मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें सीएम हरिद्वार मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कृम्भ के कार्य हर हाल में समय पर प्रा करने के निर्देश दिये हैं हरिदवार में समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकता पड़े तो कार्य में लेबर की संख्या बढ़ाई जाए और शिफ्ट की संख्या भी बढ़ा ली जाए उन्होंने कम्भ कार्यों में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाएं रखने को गम्भीरता से लेने को कहा मुख्यमंत्री ने कृंभ क्षेत्र का मैराथन दौरा भी किया जिले की नारसन सीमा से उन्होंने अपने दौरे की श्रुआत की उन्होंने हर की पैड़ी पर चल रहे सौंदर्यीकरण योजना का भी जायजा लिया इससे पहले उन्होंने नारसन बॉर्डर में कोविड सेंटर का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली

सरकार ने इस दिशा में तीन नये कृषि कानून लागू किए हैं हालांकि इन कृषि विधेयकों के संबंध में कुछ भ्रम फैलाये जा रहे हैं नये कृषि कानून के लिए यह झूठ फैलाया जा रहा है कि यह बिल किसानों को उदयोगपतियों के खिलाफ कोई न्यायिक सुरक्षा प्रदान नहीं करते है जबकि सच्चाई यह है कि यह बिल किसानों को एक ऐसा विवाद निवारण तंत्र उपलब्ध कराती है जहां किसान किसी भी विवाद की स्थिति में अपने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है कोई भी राशि बकाया होने की स्थिति में किसानों की जमीन पर कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार यह बिल नहीं देती पोषण वाटिका पौड़ी जिले में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पोषण वाटिकाओं को विकसित किया जा रहा इसका उद्देश्य एक वाटिका में एक फसल के अधिकतम उत्पाद पैदा करना है साथ ही फल और सब्जियों में मौजूद पोषक तत्वों से होने वाले फायदों की जानकारी देना है

पोषण वाटिका को उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन उद्यान विभाग कृषि विभाग और मनरेगा से जोइकर विकसित किया जा रहा है इस कार्यक्रम को अभियान की तरह संचालित किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी इससे जोड़ा जा रहा है ताकि वह अपने ही घर में ही पोषक तत्वों का उत्पादन कर बच्चों को क्पोषित होने से बचा सकें

उन्होंने कहा शादी समारोह के दौरान मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से इस्तेमाल और सभी की थर्मल स्कैनिंग की जाए नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी समिति ने बरातघर मालिकों को शादी समारोह के दौरान विशेष सावधानी बरतने को कहा बैठक में कहा गया कि केटरिंग स्टाफ को सुरक्षित पोशाक दिया जाए खाना परोसने के लिए अलग से केटरिंग स्टाफ की नियुक्ति की जाए एक शादी के बाद पुरी जगह को सैनेटाइज किया जाए और लोगों को जागरुक करने के लिए समारोह के दौरान आडियो वीडियो का इस्तेमाल किया जाए समिति ने विक्टर मोहन जोशी राजकीय इंटर कालेज का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया समिति के सदस्यों ने हर कक्षा का निरीक्षण किया जहां छात्र पढ़ रहे थे उन्होंने स्कूली बच्चों को कोरोना संक्रमण के बारे में जागरूक भी किया

इसके लिए अंशदान की कटौती उनके दिसंबर महीने के वेतन से शुरू कर दी जाएगी इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर के गोल्डन कार्ड भी बनने श्रू हो गए हैं

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने बीते वर्ष सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अटल आयुष्मान योजना श्रू करने की घोषणा की थी योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन के हिसाब से चार श्रेणियों में बांटा गया इसी के हिसाब से उनका अंशदान भी काटा जाएगा और उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी इस योजना का लाभ कर्मचारियों को तब मिलना शुरू होगा जब उनके गोल्डन कार्ड बना लिए जाएंगे विश्व दिव्यांग दिवस प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने कहा है कि दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है सरकार का उददेश्य दिव्यांगजनों को समानता और बराबरी का अधिकार देते हए समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आज दक्ष दिव्यांगों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय पूरस्कार वितरण कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हए इस कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य राज्य स्तरीय प्रस्कार वितरित किये चम्पावत जिले के दो लोगों कमल किशोर प्जारी को दक्ष कर्मचारी के लिए और रियासत हसैन को खेल के लिए पुरुस्कृत किया गया अल्मोड़ा जिले में दो लोगों और एक संस्था को यह प्रस्कार दिया गया जिले के सचिन जोशी और रोहित कनवाल खेल के लिए सम्मानित किया गया इसके अलावा मानसिक दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने के उददेश्य से संचालित मंगलदीप विदया मन्दिर को भी यह पुरस्कार दिया गया चमोली जिले के विक्रम सिंह को खिलाड़ी का राज्य स्तरीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया उतरकाशी में दक्ष दिव्यांग कर्मचारी का राज्य स्तरीय प्रस्कार दिनेश लाल को और स्वरोजगार के लिए अनुराग हराण को प्रस्कृत किया गया विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने संदेश में कहा कि दिव्यांगजनों ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की है दिव्यांगजनों को सहान्भूति नहीं सहयोग की आवश्यकता है

वाहन को जिलाधिकारी विनीत कुमार ने हरी झंडी दिखाई उन्होंने वोटर सुची में अपना नाम दर्ज कराने और संशोधित कराने के लिए लोगों का आहवान किया स्वीप के सहायक नोडल अधिकारी कैलाश प्रकाश चंदोला ने बताया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और आम जनमानस को जागरूक करने के लिए यह जागरूकता रथ जिले के सभी तहसील कार्यालयों के लिए रवाना किया जा रहा है